एक मार्च से रांची नगर निगम में विवाह का रजिस्ट्रेशन शुरू किया जायेगा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

इस सम्मेलन का मुख्य विषय है सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य

दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के अलावा व्यापार प्रमुखों विद्वानों जलवायु वैज्ञानिकों युवाओं और सिविल सोसाइटी के लोगों की सम्मेलन में बडी संख्या में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब दे सकते हैं कृषि कानूनों के मुद्दे और किसानों के आंदोलन को लेकर हफ्ते भर के व्यवधान के बाद कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस शुरू हुई

झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय कुमार ने निजीकरण का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकारी संस्थानों का निजीकरण करना चिंता का विषय है राज्य में कल तैंतीस हजार पांच सौ बीस लोगों को कारोना का टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन सिर्फ पंद्रह हजार एक सौ अठासी लोगों ने ही टीका लगवाया है अबतक सात हजार तीन सौ निनयानबे स्वास्थकर्मियों को टीका लगाया गया है जबकि लक्ष्य सत्रह हजार चार सौ पचासी लोगों को लगाने का था इसी तरह से सोलह हजार पैंतीस फ़ंटलाइन वर्करों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है लेकिन अबतक सिर्फ सात हजार सात सौ नवासी लोगों को ही टीका लगाया गया है कल बोकारो जिले में सबसे अधिक एक हजार छह सौ तीस लोगों को टीका लगाया गया टीकाकरण का सबसे कम प्रतिशत गढ़वा जिले का है वहां एक हजार चार सौ सतहतर की जगह एक सौ इकतीस लोगों को ही टीका लगाया गया

इनमें सबसे अधिक पैंतालीस लोग रांची जिले से हैं बोकारो और पूर्वी सिंहभूम से तीन तीन धनबाद से पांच दुमका कोडरमा साहिबगंज सिमडेगा और गुमला से एक एक मरीज मिले हैं पैंतीस लोग इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं अबतक राज्य में एक लाख उन्नीस हजार एक सौ सोलह संक्रमित मिल चुके हैं इनमें से एक लाख सत्रह हजार पांच सौ चौहतर लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है कोरोना की वजह से अबतक राज्य में एक हजार अठहत्तर लोगों की मौत हो चुकी है अभी राज्य में कुल चार सौ चौंसठ एक्टिव केस हैं

हेल्थ वर्कर के टीकाकरण में रांची के बाद धनबाद दूसरे नंबर पर है

इस उपलब्धि के लिए उपायुक्त ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों के अलावा टीकाकरण कराने वालों को बधाई दी उपायुक्त ने कहा कि शत प्रतिशत फ्रंटलाइन और हेल्थ वर्कर्स का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए सिविल सर्जन को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में सहयोग नहीं करने वाले स्वास्थ्य कर्मी या पदाधिकारियों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है ऐसे लोगों के विरुद्व आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कड़ी कार्रवाई की जाएगी लोहरदगा जिले में कोरोना टीकाकरण की गति धीमी है

स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को यह जानकारी दी

श्री भूषण ने कहा कि कोविड मरीजों की संख्या निरंतर कम हो रही है

एक मार्च से रांची नगर निगम में विवाह का रजिस्ट्रेशन शुरू किया जायेगा इसके लिए नगर निगम ने अपने नये भवन के ग्राउंड फ्लोर पर रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया है वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विवाह का पंजीकरण प्रखंडो में कराना होगा इस संबंध में कल विकास भवन सभागार में नगर निगम के पदाधिकारियों और सभी प्रखंडों के सचिवों को प्रशिक्षण दिया गया जिला सूचना पदाधिकारी शिव चरण बनर्जी ने बताया कि अब लोग झारसेवा डॉट झारखंड डॉट जीओवी डॉट इन वेबसाइट के माध्यम से विवाह निबंधन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे केंद्र सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ के गठन के लिए नई केन्द्रीय योजना शुरू की है

कृषि मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि किसान उत्पादक संगठन उत्पादक समूहों में विकसित किये जायेंगे सदस्यों के लिए बाजार सुलभ कराने तथा अर्थव्यवस्था को बढावा देने के लिए कृषि और बागानी फसलों के उत्पादकों के संगठन बनाये जा रहे हैं इस योजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से एफपीओ बनाये जायेंगे फिलहाल ऐसी नौ एजेंसियों के नाम तय किये गये हैं ये कार्यान्वयन एजेंसियां पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक एफपीओ को पंजीकृत करेंगी और उन्हें पेशेवर सहायता उपलब्ध करायेंगी यह कार्य क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सीबीबीओ के जरिये किया जाएगा

इससे उत्पादन की लागत घटेगी पैदावार बढेगी और संगठन के सदस्यों की आय भी बढेगी झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास पर्षद ने देवघर के वैद्यनाथ मंदिर सहित राज्य के बाइस मंदिरों को आय व्यय का ब्यौरा नहीं देने पर नोटिस भेजा है वहीं बोर्ड ने राज्य के पांच सौ चौरासी मंदिरों को निबंधन कराने की तैयारी शुरू की है बोर्ड की तरफ से इन मंदिरों को बारह से चौदह फरवरी तक निबंधन कराने के लिए नोटिस भेजा जायेगा न्यास बोर्ड के प्रशासक संजय प्रसाद ने बताया कि बिहार से अलग होने के बाद झारखंड में छह सौ अठहतर मंदिर हैं इनमें से सिर्फ चौरानबे ही निबंधित हैं उन्होंने बताया कि देवघर के वैद्यनाथ मंदिर दुमका के बासुकीनाथ मंदिर सहित बाइस मंदिर प्रबंधन को नोटिस भेजकर पंद्रह दिनों में ऑडिट और आयकर रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है इसके अलावा रांची के पहाड़ी मंदिर मेन रोड स्थित हनुमान मंदिर तथा सर्जना चौक स्थित राम मंदिर ट्रस्ट को निबंधन कराने के लिए नोटिस जारी किया है राजधानी रांची में मार्च के पहले सप्ताह से एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू होगा नगर निगम ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ईईएसएल को शहर में दस हजार एलईडी लाइट लगाने का काम सौंपा है वर्तमान में राजधानी में पैंतालीस हजार के करीब स्ट्रीट लाइट लगी है कई नगर निगम क्षेत्र के कई पार्षदों और आम लोगों में अपने इलाके में स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग की थी इसके मद्देनजर अब शहर के विभिन्न इलाकों में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू होगा झारखंड की आशा किरण बारला ने जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है

भारतीय एथलेटिक्स संघ और असम एथलेटिक्स संघ द्वारा संयुक्त रूप से प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है खूंटी समाहरणालय परिसर में कल फायर मॉक ड्रील का आयोजन किया गया इस दौरान अग्निशमन पदाधिकारी सियाराम झा ने कर्मियों को विभिन्न माध्यमों से आग लगने की स्थिति में इससे बचाव व आग बुझाने की जानकारी दी उन्होंने कहा कि गैस सिलिंडर में आग लग जाने पर मोटा कपड़ा को पानी में भिंगोकर उक्त सिलिंडर को चारों तरफ से ढ़क कर आग को बुझा सकते हैं

गैस सिलिंडर में आग लग जाने पर बिजली के मेन स्विच ऑफ कर दें और आईये अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की विदाई को लेकर भाव्क होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने आजाद को विदाई देते पीएम हुए भावुक रोए और सैल्यूट किया खबर को टॉप बॉक्स बनाया है दैनिक भास्कर ने मोदी के आंसू बहते गये गुलाम आजाद होते गये खबर को पहली खबर बनाया है

दैनिक जागरण ने झारखंड के श्रमिकों का सुराग नहीं परिजन उत्तराखंड रवाना खबर को पहले पत्रे की लीड बनाया है वहीं दैनिक हिन्दुस्तान ने ढाई लाख कर्मियों को पीएफ न देने पर निकायों को नोटिस की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित की है रांची एक्सप्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान अफगानिस्तान के विकास में प्रमुख भागीदार रहा भारत को पहले पन्ने पर जगह दी है